मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले के बुधनी में हितग्राही सम्मेलन का शुभारंभ किया इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगडे भी मौजूद थे कार्यक्रम के दौरान दो हजार एक सौ पचास हितग्प्रहियों को स्वरोजगार तथा तेरह हजार छह सौ हितग्राहियों को अन्य योजनाओं के लिये सहायता राशि एवं सामग्री वितरित की गयी मुख्यमंत्री ने लाखों रूपये के विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण भी किया उन्होंने राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की आलोचनाओं को निराधार बताया और कहा कि उनकी सरकार ने हर क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी वर्गों के हितों का भरपूर ख्याल रख रही है इन मेलों के दौरान लगभग पौने तीन लाख हितग्राहियों को स्वरोजगार से जोडा जा रहा है वहीं जिला स्तरीय हितग्राही सम्मेलन में विघानसभा अध्यक्ष और मंत्रि परिषद के सदस्य विभिन्न जिलों में शामिल हो रहे है आगरमालवा जिले में आयोजित स्वरोजगार मेले में लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं को जानकारी दी जा रही है इस मौके पर विभिन्न विभागों की विकासमूलक योजनाओं को एक प्रदर्शनी भी लगायी गयी है

शाला योजना राज्य में शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिये सरकारी स्कूलों को एक शाला एक परिसर योजना के तहत एकीकृत किया जा रहा है

इसके तहत प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के सरकारी विद्यालयों के बीच विभेद को समाप्त कर दिया जाएगा कक्षा एक से बारहवी तक की शालाओं को एक शाला के रूप में संचालित किया जाएगा निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत अब से कुछ देर में ग्वालियर पहुंचने वाले है श्री रावत तीन बजे कलेक्टेट में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे वहीं कल स्थानीय लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिकल एज्यूकेशन में आयोजित सेमीनार में माग लेंगे संबल समीक्षा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर संभागायुक्त और संबंधित विभाग प्रमुखों को संबल योजना की समीक्षा अनिवार्य रूप से हर सप्ताह करने को कहा है उन्होंने कहा कि वे स्वयं भी प्रत्येक सोमवार को योजना की समीक्षा करेंगे श्री चौहान ने कल भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कलेक्टरों और संभागायुक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि संबल योजना गरीब की जिंदगी को आसान बनाने का प्रयास है मुख्यमंत्री ने बताया कि समाज और प्रदेश की तरक्की के लिये इस माह आदिवासी दिवस शहीद सम्मान दिवस और मिल बाँचे मध्यप्रदेश कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है

महोत्सव के दौरान शाला विकास खंड जिला संभाग और राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी ये प्रतियोगिताएं दिसंबर माह तक आयोजित की जाएगी

जबकि शेष संभागों के जिलों में मौसम सामान्य रहा

डेंगू से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है जिसमें लोगों को स्वच्छता और पानी भराव को लेकर आवश्यक इंतजाम के उपाय बताए जा रहे हैं

दिल्ली में मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सांसद मर्नोहर उंटवाल से चर्चा के दौरान ये आश्वासन दिया